सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ काननी कार्रवाई की जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बहुत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे निर्देशों का गंभीरता से पालन करें ताकि वे स्वयं और उनके परिजन सुरक्षित रहें वहीं नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से विमान कंपनियों को कोरोना वायरस के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें यात्रियों को फ्लाइट में एक सीट छोड़कर बैठाने को कहा गया है वहीं प्रतीक्षालय में भी यात्रियों से आपस में आवश्यक दूरी बनाने को कहा गया है कोरोना प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों को लॉकडाउन किया गया है हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल हैं

वहीं ग्वालियर इंदौर जबलपुर सागर रीवा के अलावा कई अन्य जिलों में भी अलग अलग अवधि के लिए प्रतिबंध लागू किये गये इसके चलते इन सभी शहरों में लगभग सभी दुकानें बंद है बस ट्रेन एवं अन्य सभी परिवहन सेवाएं भी बंद है लॉकडाउन में प्रशासन ने लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने के निर्देश दिये हैं राज्य में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गयी है इनमें जबलपुर में पांच तथा भोपाल में एक पाजिटिव मरीज मिला है

यहां स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध मरीजों की जानकारी साझा करने की अपील की है अनूपपुर जिले में बैंक रसोई गैस सेवा चालू है मंडला जिले में प्रशासन ने पेट्रोल पंप भी बंद रखने के निर्देश दिये हैं शिवपुरी में लागू लॉकडाउन के बीच सुबह सात से दस बजे तक आवश्यक वस्तुओं के लिए ढील दी गई थी उधर श्योपुर जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है कटनी नरसिंहपुर अशोकनगर बड़वानी भिण्ड और मुरैना में भी कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है देवास जिला कल रात बारह बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा वहीं छिंदवाड़ा जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है

आगर मालवा में आवश्यक वस्तुओं की दुकाने सुबह दस बजे से सायं चार बजे तक खूले रखने के निर्देश दिये गये हैं शेष सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे सतना जिले की सीमायें भी सील कर दी गई हैं पन्ना जिले में कल रात तक लॉकडाउन रहेगा कोरोना के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर रायसेन जिला प्रशासन ने विदेश और कोरोना प्रभावित अन्य प्रदेशों से आने वाले नागरिकों की सूचना थाने में देने के आदेश दिए हैं गुना राजगढ़ विदिशा दमोह सागर सिंगरौली सीधी निवाड़ी बैंतूल धार खरगौन होशंगाबाद नीमच उज्जैनसिवनी रतलाम और मंदसौर में धारा एक सौ चवालीस लागू की गई है कोरोना एडवायजरी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और भीड़ से बचें

इसमें भावी मुख्यमंत्री का नाम तय किया जा सकता है पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर ने बताया है कि बैठक शाम छह बजे भाजपा कार्यालय में होगी

कोरोना संकमण की प्रभावी रोकथाम के लिए कल मंडला जिला चिकित्सालय में मॉकड्रिल की गई